केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आपदाओं से निपटने के लिए स्वदेशी उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह है कि भाजपा सरकार की मैरिट के आधार पर भर्ती सहित अन्य योजनायें दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय बन चुकी हैं हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने कांग्रेसी नेता विकास चौधरी की हत्या के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक ट्वीट में बताया कि इस पहल से आपदाओं के बाद विशेष रूप से छोटे देशों की मदद की जा सकेगी

भारत सरकार इस वर्ष के आखिर तक इस नई वैश्विक पहल की शुरूआत के लिए उत्सुक है

दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात कार्यकम की यह पहली कड़ी है

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि लोगों के पास मन की बात में कहने के लिए काफी क्छ है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदाओं के साथ निपटने के लिए भारत को अग्रणी बनाने हेतु स्वदेशी साजो सामान के प्रयोग पर बल दिया है वह राज्य आपदामोचन बलों की श्रमता बढाने के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में वह होम गार्ड और नागरिक रक्षा व अग्निशमन सेवाएं विभाग से विचार विमर्श कर रहे थे श्री शाह ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बलोंको मजबूत बनाने तथा उनके उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार पूरी सहायता उपलब्ध करायेगी

गृह मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ को आपदा मोचन के क्षेत्र में और विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए क्योंकि भारत प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाला देश है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि भाजपा सरकार की मैरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती सहित अन्य योजनाएं दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल अनुकरणीय बन चुकी हैं मुख्यमंत्री रोहतक में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार की सभी नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा दूसरे प्रदेशो में हो रही है हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब लोगों को बिना पर्ची व खर्ची के निष्पक्ष तरीके से मैरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही है उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरियां दी जाती थी लेकिन भाजपा ही पहली ऐसी राज्य सरकार है जिसने प्रदेश की ढाई करोड़ जनता को अपना मानकर पारदर्शी तरीके से नौकरियों में भर्ती की है सरकार की इन नीतियों का प्रदेश की जनता में एक अच्छा संदेश गया है और यही वजह है कि जनता ने लोकसभा चुनाव में केन्द्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है

रोहतक में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणीकी बैठक में उन्होंनेकहा कि चुनाव इस बार भी पिछली बार की तारीखों पर हो सकते हैं लोकसभा चुनाव में जनता ने श्री मोदी के लिए मन बनाया हुआ था इसमें कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की कार्य पद्धति का भी अहम योगदान था इस जीत के लिए मुख्यमंत्री ने बड़े व छोटे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया फरीदाबाद में कांग्रेसी नेता विकास चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस महानिदेशक मनोज यादव द्वारा शेष आरोपियों को गिरफतार करने के लिए फरीदाबाद पुलिस आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें पलवल के एसपी नरेन्द्र बिजरनिया एसीपी अपराध फरीदाबाद अनिल यादव तथा गुरूग्राम के इंस्पेक्टर नरेन्द्र चौहान सदस्य होंगे यह एसआईटी आरोपियों की गिरफतारी के लिए दृढ प्रयास करेगी और मामले की जांच दिन प्रति दिन के हिसाब से करनी होगी तथा इसकी साप्ताहिक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी डीजीपी हरियाणा को सोंपनी होगी उधर विकास चौधरी हत्याकांड मे पुलिस ने गैंगस्टर कौशल की पत्नी रोशनी और उनके नौकर चांद को गिरफ्तार कर लिया है हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है आरोपी चांद पिछले कई सालों से कौशल के घर पर काम कर रहा था पुलिस का कहना है कि चांद ने ही विकास चौधरी की हत्या करने वाले आरोपी विकास उर्फ भल्ला निवासी धनवापुर गुरुग्राम और सचिन खेड़ी फरीदाबाद को हथियार मुहैया कराए थे पुलिस का दावा है कि रोशनी के साथ विकास चौधरी का पैसों का लेनदेन था जिसके चलते उन्होंने नौकर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और फिर विकास चौधरी की हत्या करा दी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के उपलक्ष्य मे आज योजना भवन पंचकला में अर्थ एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इस दिवस का इस वर्ष का विषय वस्तु सतत विकास तय किया गया था और इस कार्यकम में अर्थ एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्यग्रामीण विकास जन स्वास्थ्य कृषि लोक निर्माण व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे